केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने नई शिक्षा नीति के मसौदे पर लगाई मुहर

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट मैच आज बेंगलुरू में

ऊर्जा क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक से इतर भारत की पेट्रोनेट कंपनी ने अमरीकी कंपनी टेलुरियन से ल्युसियाना में ड्रिफ्टव्ड परियोजना में इक्विटी निवेश के जरिए प्रतिवर्ष पचास लाख टन तक तरल प्राकृतिक गैस खरीदने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

इससे पहले आज सुबह ह्युस्टन पहुंचने पर बुश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय कार्य निदेशक क्रिस्टोफर ओलसन और अन्य अधिकारियों ने प्रधानमंत्री की अगवानी की इस अवसर पर भारत में अमरीकी राजदूत केनेथ जस्टर और अमरीका में भारतीय राजदूत हर्षवर्द्धन श्रंगला भी मौजूद थे आज शाम प्रधानमंत्री ह्युस्टन के एन आर जी स्टेडियम में हाउडी मोदी कार्यक्रम में पचास हजार से अधिक भारतवंशियों को संबोधित करेंगे भारतीय समुदाय ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप भी कार्यक्रम को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे ह्यूस्टन से प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क जाएंगे कल वे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जलवायु परिवर्तन से निपटने की कार्रवाई पर शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे

कल नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में हुई कैब की बैठक में केंद्रीय संस्कृति मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल खेल और युवा मामलात मंत्री किरेन रिजिजू सहित देश भर के राज्यों से आए शिक्षा मंत्रियों और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने हिस्सा लिया श्री निशंक ने कहा कि करीब तीन दशक के बाद नयी शिक्षा नीति लायी जा रही है जिसे अंतिम रूप देते हुए बैठक में लिए गये निर्णयों और सुझाव को शामिल किया जाएगा

श्री निशंक ने इस अवसर पर प्लेगरिज्म का पता लगाने के लिए शोध शुद्धि नामक सॉफ्टवेयर लांच किया इस सॉफ्टवेयर से एक हजार विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान जोड़े गये हैं

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है उन्होंने माई जीओवी ओपन फोरम या नमो एप पर अपने विचार भेजने को कहा है

कल नई दिल्ली में चुनाव तारीखों की घोषणा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि दोनों राज्यों में तत्काल प्रभाव से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द क्मार ने बताया कि आयोग द्वारा उपचुनाव की अधिसूचना कल जारी की जायेगी और इसी दिन से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जायेगी

इण्डियन फिल्म फेडरेशन ने बानवें अकेडमी अवार्ड्स के लिए बेस्ट इन्टरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में गली बॉय को नामांकित किया है समारोह अगले साल फरवरी में होगा

इस भ्रमण में आम जनता भी हिस्सा ले रही है प्रकृति भ्रमण के दौरान सभी प्रतिभागी प्लास्टिक और अजैविक पदार्थो के रूप में मिले कचरे को इकट्टा करेंगे

इस मेले में विभाग की ओर से पोषण पर चर्चा नुक्कड नाटक और विभिन्न प्रतियोगिताएं करायी जायेंगी

मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी से हिन्दी और अंग्रेजी में शाम साढ़े छह बजे से प्रसारित किया जाएगा इसे राजधानी और एफ एम रेनबो नेटवर्क सहित अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है